प्रधानमंत्री नरेन्द्रं मोदी ने आज चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली दो हजार तीन सौ किलोमीटर लंबी समुद्री ऑप्टिकल फाइबर केबल का शुभारंभ किया

इस अवसर पर उन्होंने समय से पहले इस परियोजना के पूरा होने पर प्रसन्नता व्यक्त की प्रधानमंत्री ने कहा कि यह परियोजना लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए केन्द्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है हमारा समर्पण रहा है कि देश के हर नागरिक हर क्षेत्र की दिल्ली से और दिल से दोनों दूरियों को पाटा जाए हमारा समर्पण रहा है कि देश को हर जन हर क्षेत्र तक आधुनिक सुविधाएं पहुंचे और हर नागरिक का जीवन आसान बने हमारा समर्पण रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े बॉर्डर एरिया और समुद्री सीमा पर बसे क्षेत्रों का तेजी से विकास हो साथियों अंडमान निकोबार को बाकी देश और दुनिया से जोड़ने वाला ये ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट ईज ऑफ लीविंग के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है

इसमें अंडमान निकोबार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी

इस अवसर पर श्री जावडकर ने कहा कि हमें भारतीय संस्कृति पर गर्व है जिसमें न सिर्फ पशुओं से प्रेम किया जाता है बल्कि उनकी हत्या करने को अश्रभ माना जाता है श्री जावडेकर ने कहा कि सरकार ने वन क्षेत्रों में चारा और पानी की उपलब्धता बढाने की पहल की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी कोविड अस्पतालों में गूणवत्ता परक चिकित्सा व्यवस्था बनाये रखने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि आवश्यकता अन्सार इन अस्पतालों में अतिरिक्त चिकित्सा कर्मियों की तैनाती की जाये

उन्होंने कहा कि जिन मेडिकल कॉलेजों में कोविड चिकित्सालय स्थापित किये गये हैं वहां की व्यवस्थाओं की मॉनीटरिंग के लिये एक नियंत्रक अधिकारी नामित किया जाये मुख्यमंत्री ने कानपूर तथा लखनऊ में कोरोना पर नियंत्रण करने में जिलाधिकारियों के सहयोग के लिये विशेष सचिव स्तर के दो दो अधिकारी तैनात करने के निर्देश दिये इसके अलावा वाराणसी प्रयागराज बरेली और गोरखपुर में भी एक एक विशेष सचिव स्तर का अधिकारी तैनात करने के निर्देश दिये उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कोरोना पर नियंत्रण के लिये सरकार सभी आवश्यक कदम उठा रही है राज्य में कोरोना की जांच और अस्पतालों तथा वेंटीलेटर की संख्या बढ़ाने का कार्य लगातार किया जा रहा है श्री मार्या आज कानपुर में पत्रकारों को सम्बोधित कर रहे थे श्री मौर्या ने लोगों से अनिवार्य रूप से मास्क पहनने और सोशल डिस्टिंसिंग का पालन करने की अपील की

इस संक्रमण से मृत्यु दर दो प्रतिशत से कम हो गई है प्रदेश में इस समय सैंतालीस हजार आठ सौ अठहत्तर कोरोना के सक्रिय रोगी हैं और अब तक छिहत्तर हजार सात सो चौबीस मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो गये है प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि कोराना से अब तक राज्य में दो हजार एक सौ बीस लोगों की मौत हुई है उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश में बत्तीस लाख नौ हजार पांच सौ सत्तासी टेस्ट किये गये हैं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

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ ग्रस्त जिलों में ड्रोन और जमीनी निरीक्षण के जरिये बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर रखने का निर्देश दिया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में देश के छह राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई वीडियों कांफेंसिंग के माध्यम से बैठक में मुख्यमंत्री ने उन्हें प्रदेश में बाढ़ की स्थिति से अवगत कराया मुख्यमंत्री द्वारा जिला अधिकारियों से बाढ़ राहत कार्यों को उच्च प्राथमिकता देने को कहा गया है राज्य के उन्नीस जनपदों के पांच सौ बयासी गांव बाढ़ की चपेट में हैं इनमें से तीन सौ तीन गांव जलमग्न हैं बाढ़ राहत कार्यों के लिये तीन सौ शरणालय बनाये गये हैं बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रा में तत्काल राहत पहुंचाने के लिये जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं नेपाल की पहाड़ियों में हो रही वर्षा से पानी छोड़े जाने के कारण कुशीनगर में बूढी गंडक कई जगहों पर कटान कर रही है बलिया जिले में घाघरा का जलस्तर खतरे के बिंदु से ऊपर है जिससे कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं मऊ जनपद में घाघरा नदी गौरीशंकर घाट पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है पहाड़ों पर वर्षा और बनबसा बैराज से पानी छोड़े जाने से शारदा नदी उफान पर है

राहल नगर रमनगरा नहरोसा आदि इलाकों में बाढ़ का पानी भर जाने से फसलें जलमग्न हो गई हैं नहरोसा में चल रहा बचाव कार्य पानी बढ़ने के कारण बंद हो गया है इसके चलते लोगों की समस्याएं बढ़ी हैं जिला प्रशासन ने बाढ़ चौकियां सक्रिय करते हुए सतर्कता बढा दी है सतीश मिश्र आकाशवाणी समाचार पीलीमीत पूर्व केंद्रीय मंत्री व सुल्तानपुर भाजपा सांसद मेनका संजय गांधी कल अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर के दौरे पर पहुंचीं एक रिपोर्ट अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर के दौरे पर आई सांसद मेनका संजय गांधी ने दिशा की बैठक में नागरिकों व व्यापारियों को बड़ी राहत प्रदान की है पिछले एक पखवाड़े से नगर के बंद रास्तों व दुकानों को तत्काल खोलने के निर्देश जिलाधिकारी को दिए हैं

प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों का अपने घर का सपना साकार हो रहा है

अब हमारा मकान मंजूर हो गया है हमारे बच्चे भी पक्के मकान में रहेंगे बरसात के दिनों में हमें बहुत परेशानी होती थी अब हम बहुत खूश है और हम प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आवास पाकर एशनारा की खुशी देखते ही बनी तमाम लोग आवास पाकर बेहद खुश थे बदायूं जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना कारगर साबित हो रही है स जिला प्रशासन हर जरूरतमंद तक इस योजना को पहुँचाने में जूटा है